बैठक में राज्य में जीरो नामांकन यानि बिना विद्यार्थी वाले प्राईमरी और माध्यमिक विद्यालयों को आगामी इकतीस अगस्त तक सत्यापन के बाद बंद करने का निर्णय लिया गया ऐसे विद्यालयों के सभी शिक्षको को उन विद्यालयों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया जहां शिक्षको की कमी है मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए इस तरह की पदोन्नति को तत्काल रद्द करने का निर्णय लिया गया इस निर्णय से कार्यरत कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा मंत्रिमंडल ने सभी स्तर पर विभाग में नियुक्ति नियमों में संशोधन का निर्णय लिया राज्य मंत्रिमंडल ने एस एस ए शिक्षको मेरिट एवं वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने के लिए चार सौ पदो के सृजन को मंजूरी दी है

एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने तीन नये जिलों लेपा रादा पाक्के केसांग और सी योमी जिले के गठन के लिए जिला पुनर्गठन विधेयक दो हजार अट्ठारह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसे चर्चा के लिए राज्य विधान सभा में पेश किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैव ईधन के इस्तेमाल से किसानों के जीवन में क्रांति बदलाव आयेगा और सरकार कूड़े कचड़े को जैव ईधन में बदलने के लिए बड़ा निवेश कर रही है विश्व जैव ईधव दिवस दो हजार अटठारह के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आधुनिक जैव इंधन रिफायनरी स्थापित किये जायेंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में एथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इससे न केवल किसानों को मदद मिली है बल्कि पिछले एक साल में चार हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जैव ईधन नीति दो हजार अट्ठारह पर एक पुस्तिका भी जारी की प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण वन्य जीव वन और तटवर्ती नियमन क्षेत्र से संबंधित मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की परिवेश वेब पोर्टल की शुरुआत की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैव ईधन के हस्तेमाल पर ध्यान केंटित कर रही है मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल मुख्य सचिव और सभी जिला उपायुक्तों सहित राज्य के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण फॉरेस्ट क्लियरेंस निविदा और सभी राजमार्ग परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा पोतिन पांगिन ट्रांस अरुणाचल हाईवे के कार्य में देरी पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और फूटहिल एरिया के लिए ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का त्वरित गति से पूरा करने के संबध में आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में एक गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत ही अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की सूची में उप जातियों को जोड़ती है या हटाती है उन्होंने सदन को बताया कि ग्यारह राज्यों से मिले प्रस्ताव के बाद पिछले चार वर्षों में इस सूची में चौबीस जातियों को शामिल किया गया और छह जातियों को हटाया गया समाजवादी पार्टी के विश्वभर प्रसाद निषाद द्वारा पेश गैर सरकारी विधेयक में पूरे देश में एक समान आरक्षण व्यवस्था की मांग की गई बाद में सदन में इस विधेयक को बत्तीस के मुकाबले छियासठ मतों से नामंजूर कर दिया गया असम में एनआरसी सेवा केंद्रों पर आज से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एन आर सी के मसौदे में दावों आपत्तियों और सुधार के लिए फार्म मिलने शुरु हो गये हैं